और पटना में राष्ट्रीय स्तर का हर्बल गार्डन बनाया जायेगा

एक नये युग की शुरूआत हुई राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल मिल जाती है कि उन चीजों का मन में एक प्रकार से स्थायी भाव बन जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के साथ भी ऐसा ही था इससे बहुत हानि हो रही थी लेकिन चर्चा नहीं हो रही थी अब नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर का भविष्य भी सुधरेगा वहां के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी देश के अन्य भागों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी नई व्यवस्थामें केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीरकी पुलिस भी शामिल है दूसरे केन्द्र शासित प्रदेश के बराबर की सुविधाएं मिलें जैसेएलटीसी हाउस रेंट अलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस हेत्थ स्कीमऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यु कराकर मुहैया कराई जाएगी बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीरऔर लदाख में सभी केन्द्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरूकी जाएगी इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर को उपलब्ध होंगे औरसाथ ही केन्द्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियॉको भी रोजगार के नए अवसर को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद आतंकवाद परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इसके कारण तीन दशक में राज्य में बयालीस हजार निर्दोष लोग मारे गए एक राष्ट्रक तौर पर एक परिवार के तौर पर आपने हमने पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्म्र कस्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारोंसे वांचित थे जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गईहै

जम्मू कश्मीरऔर लद्दाख में एक नए युग की शुरूआत हुई है अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैऔर दायित्व भी समान है प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मूकश्मीर के संदर्भ में दो अनुच्छेदों का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिये पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था

इन दोनों अनुच्छेद का देशके खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौरपर इस्तेमाल किया जा रहा था राज्य में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में पांच सौ से अधिक दागी पूलिस अधिकारियों की थानेदारी छीन ली गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हटाये गये पुलिस अधिकारियों में थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी हैं गृह विभाग ने थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती को लेकर नये मापदंड तय किये हैं प्रदेश में दारोगा और सिपाही के उनतीस हजार से ज्यादा पदों पर बहाली होगी पुलिस मुख्यालय इसके लिए जल्द ही बहाली प्रक्रिया की शुरूआत करेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस बल को अधिक सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में सरकार पहल कर रही है

पटना में राष्ट्रीय स्तर के औषधीय पौधों का हर्बल पार्क बनाया जायेगा इसमें करीब चार सौ औषधी गुण वाले पौधे लगाये जायेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका निर्माण वन विभाग करवायेगा और इसके निर्माण पर करीब सत्तर लाख रूपये खर्च होंगे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा निवासी राजेश कुमार सुमन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्वयं के स्तर से अनुकरणीय पहल कर रहे हैं

पटना स्थित पीएमसीएच एम्स और आईजीआईएमएस में नये ऑपरेशन थियेटर सामान्य वार्ड किडनी डायलिसिस मशीन की शुरूआत की जायेगी एम्स के निदेशक डॉक्टर पीकेसिंह ने बताया कि चार सौ बेड का अतिरिक्त वार्ड और बीस बेड का ओटी पन्द्रह अगस्त से शुरू हो जायेगा पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में किडनी डायलिसिस की सूविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी पटना में गांधी सेतु के समानांतर चार लेन के नये पुल का निर्माण अगले साढ़े तीन साल में पूरा कर लिया जायेगा केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नये पूल के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है पुल के निर्माण में करीब तीन हजार करोड़ रूपये की लागत आयेगी पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए चयनित भूमि का विवरण एक सप्ताह में जिला प्रशासन से मांगा है विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र अगले नवम्बर महीने तक डिजिटल हो जायेंगे और उनके कार्यो की निगरानी मुख्यालय से करना संभव हो जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार सितम्बर महीने से आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा सभी केंद्रों की सेविकाओं को इकतीस अगस्त तक मोबाईल फोन दिये जायेंगे इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गयी है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल संचय के लिए शिक्षकों और छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जायेगा जागरूकता अभियान के दौरान पानी बचाने की महता बच्चों को बताया जायेगा इसके साथ ही चित्रांकन प्रश्नोत्तरी और निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन भी सभी स्कूलों में किया जायेगा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन सोलह अगस्त को किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है कश्मीर को सारे हक देंगे दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाया है बौखलाए पाकिस्तान ने वाघा में रोकी समझौता एक्सप्रेस प्रभात खबर की सुर्खी है पांच सौ से अधिक दागी पुलिस अफसर की छीनी थानेदारी दैनिक भास्कर की सुर्खी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका भारत रत्न से सम्मानित

और पटना में राष्ट्रीय स्तर का हर्बल गार्डन बनाया जायेगा